जिसकी पहली बैठक वर्च्अल माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हई बैठक में अन्य कैबिनेट मंत्री भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में गौ पालन एवं गो उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा इसमें जनता एवं समाजसेवी संगठनों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी गौ शालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा स्वसहायता समूहों को गौ शालाओं का संचालन के लिए दिया जाएगा साथ ही बड़ी संख्या में गौ शालाएं बनाई जाएंगी साथ ही गो अभ्यारण्य सालरिया में एक आधुनिक गो अनुसंधान केन्द्र भी खोला जाएगा

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो गौ वंश संरक्षण और संवर्धन के लिए काम शुरु कर चुका है

सम्मेलन का आयोजन सउदी अरब ने किया है श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की ताकि लोग साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उनका संरक्षक बनना होगा इससे लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वास्थ्यकर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे

कोरोना प्रदेश प्रदेश में तीन दिन से कोरोना के नये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं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

इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से एक सौ सात करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी

पशु सखी मैत्री योजना के हितग्राही महिलाओं से चर्चा भी की

मुरैना के श्री गोविंद गौशाला टॉउन हॉल और नगर निगम की देवरी गौशाला में मुख्य आयोजन किये गये